चुनाव आयोग ने कहा पहले दो चरणों के चुनाव की तैयारी पूरी

दो दिन ऐसे ही रहेगा मौसम लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन है नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और सोमवार को नाम वापस लिये जा सकते हैं इस चरण में राज्य के झंझारपुर सुपौल अररिया मधेपुरा और खगड़िया संसदीय सीट के लिए तेईस अप्रैल को मतदान होगा इस बीच लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल तीस उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए नामांकन दाखिल करने वालों में झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल सुपौल से कांग्रेस की रंजीत रंजन मधेपुरा से राजद के शरद यादव जदयू से दिनेश चन्द्र यादव और खगड़िया से लोजपा के चौधरी महबूब अली कैसर शामिल हैं इसके अलावा सुपौल में तीन अररिया में छह मधेपुरा में छह और खगड़िया में अन्य दस उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया राज्य में इस चरण के लिए अब तक कुल संतावन नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले दो चरणों के मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इसके लिए केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों की सत्तर कंपनियां बिहार पहुंच चुकी हैं पहले चरण के औरंगाबाद गया नवादा और जमुई के साथ ही दूसरे चरण के किशनगंज कटिहार भागलपुर पूर्णिया और बांका संसदीय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन कंपनियों को तैनात किया जायेगा चुनाव क्षेत्रों में निरोधात्मक कार्रवाई करने मतदान के दौरान बूथ और आस पास की क्षेत्रों की सुरक्षा करने और मतदाताओं में विश्वास जताने के लिए इनका उपयोग किया जायेगा आयोग के सूत्रों के अनुसार पहले चरण में उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित सभी चार संसदीय क्षेत्रों के लगभग चालीस बूथों को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानांतरित किया गया है बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि कल पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये गये अभियान के दौरान तेरह अवैध हथियार और छियालीस कारतूस बरामद किये गये इसके अलावा तीन सौ उनासी लाईसेंसी हथियारों की जांच की गयी और ग्यारह सौ चौहत्तर लाईसेंसी हथियार जमा कराये गये जांच और कार्रवाई के दौरान छह हजार लीटर से अधिक की शराब जब्त की गयी पहले चरण के मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ ही राज्य में चुनाव प्रचार और तेज हो गया है विभिन्न दलों के नेता रैलियों और सभाओं के माध्यम से अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने के साथ ही विरोधी दलों पर जमकर निशाना साध रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया बांका और नवादा संसदीय क्षेत्रों में एनडीए के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि उनकी सरकार ने समाज के हर तबके के लिए काम किया है उनका उद्देश्य लोगों की सेवा करना है लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों का लक्ष्य केवल मेवा पाना है भाजपा नेता और उपमुख्यंत्री सुशील कुमार मोदी ने औरंगाबाद में पार्टी प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में प्रचार करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने जनहित में बड़े काम किये हैं विपक्ष पर निशाना साधते हुए श्री मोदी ने कहा कि महागठबंधन तो बना लिया गया लेकिन न उनके पास नेता है और न ही नीति भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब हमारी सेना आतंकियों के अड्डे ध्वस्त करती हैं तो सबूत वे मांगते हैं और देशद्रोह कानून को समाप्त करने की बात कहते हैं वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान पर ट्विट के जरिए निशाना साधते हुए कहा कि इनको एक परिवार के अलावा कोई दलित नहीं मिलता इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि कांग्रेस के शासन में ही बिहार में विकास हुआ है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में अपनी दो चुनावी रैलियों में बिहार के साथ किये गये अपने वायदों पर चर्चा नहीं की लोकसभा चुनाव में अवैध लेन देन की शिकायत करने के लिए आयकर विभाग ने व्हाट्सएप नम्बर और ई मेल आईडी जारी किया गया है व्हाट्सएप नम्बर छह दो शून्य शून्य नौ छह पांच आठ नौ चार और ई मेल आईडी बिहार डॉट नोडल डॉट इलेक्शन दो हजार उन्नीस एट दी रेट ऑफ इनकम टैक्स डॉट जीओवी डॉट इन पर लोग किसी भी तरह के अवैध लेन देन की सूचना दे सकते हैं शिकायत दर्ज कराने वालों की पहचान गोपनीय रखी जायेगी उच्चतम न्यायालय राजनीतिक दलों को धन मूहैया कराने के लिए चूनावी बॉड जारी करने के केन्द्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा अब व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन आपका नम्बर बिना सहमति समूह से जोड़ नहीं सकेगा फेसबुक की स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप ने आम चुनाव के मद्देनजर पारदर्शिता लाने की कोशिशों के तहत यह नई पहल की है पहले ग्रूप एडमिन किसी भी नम्बर को समूह से जोड़ सकता था केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में निय्रक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए चूनाव आयोग से इजाजत मांगी है लोकसभा चूनाव के प्रथम चरण में नवादा संसदीय क्षेत्र और दूसरे चरण में बांका संसदीय क्षेत्र के चूनाव में पड़ोसी जिलों से मतदानकर्मी भेजे जायेंगे मतदानकर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया है प्रवर्तन निदेशालय ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता रामाधार राम के सीतामढ़ी और मोतिहारी स्थित ठिकानों से पांच करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की है जब्त संपत्ति में घर जमीन बैंक वित्तीय संस्थानों में जमा की गयी निवेश राशि से लेकर बाईक और कार तक शामिल हैं ई ओ यू की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज कर अवैध संपत्ति की जांच की राज्य में गर्मी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा है कल पटना शहर का अधिकतम तापमान सैंतीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया साथ ही तेज धूप की वजह से लोगों ने च्रभन वाली गर्मी महसूस की मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार प्रदेश के विभिन्न भागों में लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी अगले दो दिनों तक मौसम कमोवेश ऐसे ही रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए कल से आवेदन लिया जायेगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पांच अप्रैल से दस अप्रैल तक ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रधान समिति की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट बीएईबी इंटर एडू डॉट इन से परीक्षा फार्म डाउनलोड कर अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायेंगे वैशाली के गौरोल में खेले जा रहे जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर और आर्मी ब्यॉयज दानापुर की टीम फाइनल में पहुंच गयी है

अब हर दो महीनों पर थानेदारों का तीन दिनों की छूट्टी मिलेगी यह जानकारी देते हुए डीआईजी सेंट्रल राजेश कुमार ने बताया कि चुनाव खत्म होने के बाद यह नियम लागू कर दिया जायेगा

आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने रालोसपा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को सुर्खी बनाते हुए लिखा है उपेन्द्र दो सीट से लड़ेंगे मोतिहारी से आकाश दैनिक जागरण का शीर्षक है जेटली के सवाल बिना काम किये राहल गांधी ने कैसे कमाये करोड़ों प्रभात खबर की सुर्खी है जदयू ने सीतामढ़ी में बदला उम्मीदवार अब सुनील पिंटू प्रत्याशी

चुनाव आयोग ने कहा पहले दो चरणों के चुनाव की तैयारी पूरी

दो दिन ऐसे ही रहेगा मौसम